श्री मोदी ने कहा किसानों को हरहाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा

दो सौ अंठानवे किलोमीटर की दूरी घटकर बाईस किलोमीटर में सिमटी

अब तक एक लाख इक्यावन हजार से अधिक मरीज हो चूके हैं स्वस्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिये कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बिहार की विभिन्न रेल परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे साउंड बाईट वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं उसी बदलाव के बाद इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर झूठ फैलाने पर भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ गए लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र में आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण हैं जो किसानों को उपज बेचने के नए अवसर प्रदान करेंगे साउंड बाईट लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे साउंड बाईट हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है पहले भी थे आज भी हैं आगे भी रहेंगे सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है जहां चाहे वहां बेच सकता है अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है मजबूर किया गया अब नये प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे मिथिला और कोसी क्षेत्र छियासी वर्षों बाद एक बार फिर सीधे तौर पर रेलमार्ग से जुड़ गया है प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिये ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया इस सेतु के बनने से निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी मौजूदा दो सौ अंठानवे किलोमीटर से कम हो कर बाईस किलोमीटर रह गई है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महासेतु के निर्माण के बाद सम्पर्क और बिहार की समृद्धि में नया इतिहास रचा गया है

कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतु सुविधा का साधन तो है ही ये इस पूरे क्षेत्र में व्यापार कारोबार उद्योग रोजगार को भी बढावा देने वाला है बिहार के लोग तो इसे भलीभांति जानते हैं कि वर्तमान में निर्मली से सरायगढ का रेल का सफर करीब करीब तीन सौ किलोमीटर का होता है इसके लिए दरभंगा समस्तीपुर खगडिया मानसी सहरसा ये सारे रास्तों से होते हुए जाना पड़ता है अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब बिहार के लोगों को तीन सौ किलोमीटर की ये यात्रा नहीं करनी पड़ेगी श्री मोदी ने कहा कि बिहार में नब्बे प्रतिशत रेल लाइन का विद्युतीकरण कर दिया गया है साउंड बाईट बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है कोसी महासेतु और किउल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने नये रोजगार पैदा करने वाले एक दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है लगभग तीन हजार करोड रुपये के इन प्रोजेक्ट्स से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी कोसी महासेतु के अलावा प्रधानमंत्री ने राज्य में रेलवे की बारह अन्य परियोजनाओं की भी शुरूआत की राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका किसान सलाहकार शिक्षा सेवक तालिमी मरकज रसोईया और विकास मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में ये फैसला किया गया मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी सेविका का भत्ता एक हजार एक सौ पचास रूपये से बढ़ाकर एक हजार चार सौ पचास रूपये मिनी आंगनबाड़ी सेविका का भत्ता नौ सौ रूपये से बढ़ाकर एक हजार एक सौ तीस रूपये और आंगनबाड़ी सहायिका का भत्ता पांच सौ पचहत्तर रूपये से बढ़ाकर सात सौ पच्चीस रूपये करने का निर्णय किया वहीं शिक्षा सेवक और तालिमी मरकज के वर्तमान मानदेय में एक हजार रूपये की वृद्धि की गई है अब इन्हें ग्यारह हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि का भी लाभ दिया जायेगा मध्याहन भोजन योजना में कार्यरत रसोईया को अब पांच सौ रूपये की जगह छह सौ पचास रूपये दिये जायंगे वहीं किसान सलाहकार के मानदेय में एक हजार रूपये की बढ़ोतरी की गई है अब उन्हें तेरह हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा विकास मित्र का मानदेय बारह हजार पांच सौ रूपये से बढ़ाकर तेरह हजार सात सौ रूपये प्रतिमाह और कर्मचारी भविष्य निधि खाते में राज्य सरकार का अंशदान एक हजार छह सौ पच्चीस रूपये से बढ़ाकर एक हजार सात सौ इक्यासी रूपये किया गया है वहीं एक अन्य फैसले में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूलों और अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई इन शिक्षकों को ईपीएफ का भी लाभ देने का फैसला किया गया इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में एक हजार चार सौ उनतीस पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग बानवे प्रतिशत हो गयी है राज्य में अब तक एक लाख इक्यावन हजार चार सौ लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं अभी तेरह हजार एक सौ ग्यारह लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है कल एक हजार एक सौ सैंतालीस नये मामले सामने आने के साथ ही पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख पैंसठ हजार तीन सौ इकहत्तर हो गयी है राज्य में इस वैश्विक महामारी से आठ सौ उनसठ लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने लोगों को मास्क पहनने में सावधानी बरतने की सलाह दी है

अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोडी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय कर दी है इसके तहत एक विधान सभा सीट के लिये कोई भी उम्मीदवार अट्ठाईस लाख रूपये से अधिक की राशि खर्च नहीं कर सकेगा वहीं एक दिन में नकद खर्च की सीमा दस हजार रूपये निर्धारित की गई है इससे ऊपर का लेनदेन चेक के माध्यम से करना होगा विमान से चलने वाले स्टार प्रचारकों को एक लाख रूपये नकद और सामान्य प्रत्याशी को पचास हजार रूपये नकद लाने ले जाने की अनुमति दी गई है आयोग ने चुनाव खर्च और संदिग्ध लेनदेन की निगरानी के लिये पटना और गया हवाई अड्डे पर अधिकारियों की तैनाती की है

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एनडीए में सम्मानजनक तरीके से सीटों को बंटवारा होगा संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि लोजपा के साथ किसी तरह का मतभेद नहीं है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने देर शाम राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की पार्टी सूत्रों ने बताया कि लगभग एक घंटे चली इस मुलाकात में सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हई राज्य सरकार ने निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाले की बिक्री उत्पादन भंडारण और परिवहन पर एक साल के लिये प्रतिबंध और बढ़ा दिया है राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है पूर्व में लगाये गये प्रतिबंध की समयसीमा दस जून को समाप्त हो गयी थी उच्चतम न्यायालय ने पटना समाहरणालय परिसर को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है एक याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया याचिका में कहा गया है कि परिसर के कुछ हिस्से डचकालीन हैं और इतिहास के प्रतीक के तौर पर इन्हें संरक्षित रखा जाना चाहिये गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीन दिन पूर्व समाहरणालय के नये भवन की आधारशिला रखी थी मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले चौबीस घंटों के दौरान बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का केंद्र बनने से बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जतायी गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दी है यह परीक्षा बाईस अक्टूबर को होगी प्रवेश पत्र परीक्षा से दस दिन पहले जारी किया जायेगा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने अगले वर्ष होने वाली मध्यमा परीक्षा के लिये पंजीकरण और फार्म भरने की अंतिम तिथि उनतीस सितंबर तक बढ़ा दी है वहीं शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की नौवीं कक्षा में नामांकन की तिथि तीस सितंबर तक बढ़ा दी है

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पटना जीरोमाईल के पास से एक ट्रक से छह क्विंटल से अधिक गांजा के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सूर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोसी रेल महासेतु सहित राज्य में बारह अन्य रेल परियोजनाओं के उद्घाटन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है छियासी साल का इंतजार खत्म कोसी महासेतु पर दौड़ी ट्रेन दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है जिस कृषि कानून को नीतीश ने बिहार में पहले ही खत्म किया उसे आज हम देश से हटा रहे हैं दैनिक जागरण की सुर्खी है बिना मास्क निकले तो होगी कोरोना जांच प्रभात खबर ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज और राष्ट्रीय सहारा ने आज से आईपीएल की शुरूआत की खबर को पहले पन्ने स्थान दिया है

श्री मोदी ने कहा किसानों को हरहाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा

दो सौ अंठानवे किलोमीटर की दूरी घटकर बाईस किलोमीटर में सिमटी

अब तक एक लाख इक्यावन हजार से अधिक मरीज हो चूके हैं स्वस्थ